प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे हैशटैग इंडिया सपोर्ट्स सीएए का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन दर्शाएं उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारे भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है प्रदेश में कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं है ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शीतलहर और ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है आज गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान दो दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं डिहरी चार और पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार गया और भागलपुर भीषण शीतलहर की चपेट में है पटना और पूर्णियां सहित आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है जिसके कारण लोगों को भीषण ठंड की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के पूर्वानुमान में कहा है कि कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की सम्भावना है जबकि ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से हल्का कोहरा रहेगा वहीं एक जनवरी की देर रात से चार जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है ठंड से प्रदेश में पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान तेरह लोगों की मौत हुई है पूर्वी चम्पारण जिले में चार नवादा औरंगाबाद और शिवहर जिले में दो दो मुजफ्फरपुर दरभंगा और अरवल में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है शीतलहर के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गयी है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को भीषण ठंड को देखते हुये हर दिन अलाव जलाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है इधर कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है बेगूसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर घने कोहरे के कारण हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया इधर भीषण ठंड के मददेनजर जमुई जिले में पांच जनवरी तक कक्षा एक से आठ तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है भीषण ठंड के कारण राज्य में आलू और कुछ अन्य फसलों की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि जिले के देव प्रखंड में होने वाली प्रसिद्ध मगही पान की खेती को भारी नुकसान हुआ है

क्षेत्रीय विधायक आनंद शंकर ने शीतलहरी तथा ठंड से मगही पान की हुई क्षति के लिये मुआवजा राशि दिये जाने की मांग राज्य सरकार से की है गौरतलब है कि जिले के देव प्रखंड के करीब एक दर्जन गांव में उत्पादित होने वाले मगही पान की आपूर्ति बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान तक की जाती है आकाशवाणी समाचार के लिये औरंगाबाद से कमल किशोर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक दो हजार उन्नीस बीस में देश के समग्र रैंक में सुधार हुआ है और यह सत्तावन से साठ हो गया है देश में जल स्वच्छता ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में बेहतर काम से यह उपलब्धि हासिल हुई है वहीं सूचकांक के अनुसार बिहार झारखंड और अरूणाचल प्रदेश रैंकिंग में पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है केरल तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि समय पर ऋण चूकाने वाले राज्य के किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों को ब्याज से छूट उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है श्री सिंह आज पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारिता बैंकों को और मजब्रत किया जायेगा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स का पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन की योजना पर काम चल रहा है

इस अवसर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे मोतिहारी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष दिलीप कुमार सहित विभिन्न पैक्स और व्यापार मंडलों के अध्यक्ष उपस्थित थे भारत में पिछले दो वर्ष में कुल वृक्षों और वनों का क्षेत्रफल पांच हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक बढ़ गया है आज नई दिल्ली में भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट दो हजार उन्नीस जारी करते हुए पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी साउंड बाईट भारत एक वनों से फूला हुआ देश है और इसका कारण है भारतीय संस्कृति में हमारे जीवन मूल्यों में जीवन शैली में ये सारी चराचर सृष्टि मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पुष्य सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में मैनग्रोव क्षेत्र चौवन वर्ग किलोमीटर बढ़ गया यह पिछले आकलन की तुलना में एक दशमलव एक प्रतिशत अधिक है प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया समस्तीपुर अरवल और सीवान में सीएए के समर्थन में भाजपा और अन्य संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गयी इस दौरान निकाले गये जुलूस में बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने संशोधित नागरिकता कानुन को लेकर फैलाये जा रहे दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि इस कानून पर कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति के लिये इस कानून का नाम लेकर देश में अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश हो रही है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने शेखपुरा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग देश के कोने कोने में जाकर कानून के अच्छे और सकारात्मक प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो नवादा में भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री रंजन ने कहा कि विपक्षी दल लोगों में इस कानून को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है तैंतालीस दारोगा उन्नीस हवलदार दस इंस्पेक्टर और पच्चीस सिपाहियों को स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि चार सौ पचास ट्रांसफर के आवेदनों को खारिज कर दिया गया है विभाग ने उनके तबादले को फिलहाल लंबित रखा है सिख धर्म के दसवें ग्रूर ग्रूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरपनवां प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह कल से पटना सिटी स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब गुरूद्वारे में आयोजित किया जायेगा आज सुबह तख्तश्री हरिमंदिर साहिब से प्रभात फेरी निकाली गयी जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया इधर प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिये देश विदेश से सिख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है वैशाली जिले में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पच्चीस कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं सीतामढ़ी जिले के महिन्दवारा में खोजी कुत्तों की मदद से एक तहखाने में छिपाकर रखी गयी शराब की बड़ी खेप जब्त की गयी है राज्य सूचना आयोग ने शेखपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है ग्रामीण को विद्यालय संबंधी सूचना नहीं देने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गयी है बेगूसराय जिले में आज तेरह लाख पचास हजार रूपये की लागत से बनने वाले दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के भवन के निर्माण की शुरूआत की गयी इसके बन जाने से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को दूध के संग्रहण और बिक्री में सुविधा होगी स्थानीय विधायक अमिता भूषण ने निर्माण कार्य की शुरूआत की

प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी